मुख्यमंत्री इनवेस्टर्स समिट मुख्यमंत्री त्रियेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में निवेश का अनुकूल माहौल बनाने के लिए नई नीतियां तैयार की गई हैं ताकि उद्यमियों को प्रोत्साहन मिले सात और आठ अक्टूबर को होने वाले उत्तराखंड के पहले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जुलाई से समिट को लेकर तैयारियां चल रही थीं हरिद्वार टिहरी ऋषिकेश भीमताल सहित राज्य में कई जगहों पर समिट को लेकर मिनी कॉन्क्लेव किये गये इसके अलावा बंगलुरू हैदराबाद समेत देश के विभिन्न हिस्सों में भी मिनी कॉन्क्लेव आयोजित किये गये श्री रावत ने बताया कि समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए उन्होंने थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों का दौरा भी किया उन्होंने बताया कि समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और समापन गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे

वहीं इन्वेस्टर्स समिट को अब सीएम एप से जोड़ दिया गया है

मिशन गंगे पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने आज हरिद्दार से स्वच्छ गंगा अभियान के तहत मिशन गंगे की शुरुआत की उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी अभियान की शुरुआत करने हरकी पैड़ी पहुंचे

उन्होंने हरकी पैड़ी और आसपास के कई घाटों पर सफाई अभियान चलाया इस अवसर पर बछेंद्री पाल ने बताया कि गंगा को स्वच्छ बनाने और लोगों को इस बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मिशन गंगे अभियान की शुरुआत की गई है तीन दिनों तक हरिद्वार में सफाई अभियान चलाने के बाद टीम अगले पड़ाव की ओर रवाना होगी

तीस अक्टूबर को पटना में ये अभियान समाप्त होगा कोसी पुनर्जनन बैठक कुमाऊं मण्डल आयुक्त राजीव रौतेला ने कोसी पुनर्जनन अभियान के तहत कोसी कैंचमेंट एरिया के सभी स्कूलों में समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को जागरूक करने के निर्देश दिये हैं अल्मोड़ा में एक समीक्षा बैठक में श्री रौतेला ने कहा कि कोसी पुनर्जनन योजना मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अति महत्वाकांक्षी योजना है और यह अभियान जन सहभागिता से ही आगे बढ़ पायेगा उन्होंने कहा कि कोसी पुनर्जनन अभियान के लिए उद्गम स्थल पर विशेष कार्य करना होगा उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इस कार्यक्रम में विशेष रूचि रखें

आरओबी लोकार्पण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून के मोहकमपुर में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया इस रेलवे ओवरब्रिज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है इस चार लेन आर ओ बी का निर्माण निर्धारित समय से दो महीने पहले हुआ है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुल के निर्माण की लागत कुल साठ करोड़ रूपये थी जबकि इसको तिरालीस करोड़ रूपये में पूरा किया गया है उन्होंने कहा कि कल डाट काली टनल का लोकार्पण भी किया जायेगा

निर्धारित समय से पूर्व पुल का निर्माण कार्य पूरा होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया पेट्रोल उत्तराखंड केंद्र सरकार के ढाई रुपये की कटौती के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में ढाई रुपये की कटौती की है

जिससे आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिये गये फैसले से राज्य सरकार पर सालाना तीन सौ पच्चीस करोड़ रूपए का आर्थिक व्यय भार बढ़ेगा

अल्मोड़ा जिले में भी जगह जगह जोर शोर से स्वच्छता अभियान चलाये जा रहे हैं हाल ही में स्वच्छता पखवाड़े के तहत भी जनपद में कई कार्यक्रम हुए जिसमें लोग बढ़चढ़कर शामिल हुए

अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय के नरेंद्र तिवारी का भी कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता जरूरी है

इस हादसे में आठ लोगों की मौत और पांच के घायल होने की खबर है ये हादसा सुनगर भुक्की के पास हुआ है बताया जा रहा है कि टेंपो में सवार लोग गंगोत्री से दर्शन कर लौट रहे थे घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची बचाव और राहत कार्य जारी है